यूपीएससी रेलवे और एसएससी सहित अन्य एजेंसियों की भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रोक के जारी रहेंगी

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या अठासी प्रतिशत से अधिक हो गई है जो कि राष्ट्रीय औसत से ग्यारह प्रतिशत अधिक है स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में एक हजार नौ सौ चौबीस मरीज संक्रमण मुक्त हुये हैं विभाग के अनुसार अब तक एक लाख तीस हजार तीन सौ मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके हैं वहीं चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के एक हजार सात सौ संतानवे नए पॉजिटिव मामले सामने आये हैं पटना में सबसे अधिक दो सौ चौदह मामलों की पुष्टि हुई है जबकि अररिया में एक सौ इक्यावन भागलपुर में नवासी पूर्णिया में छियासी सुपौल में छिहत्तर सारण में उनहत्तर और मधुबनी में पैंसठ मामले दर्ज किये गये हैं अब राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख सैंतालीस हजार छह सौ अंठावन हो गई है वहीं प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या सोलह हजार छह सौ तीन है विभाग के अनुसार अब तक कोरोना से सात सौ चौवन मरीजों की मौत हो चुकी है कल एक लाख इक्यावन हजार तैंतीस नमूनों की जांच की गई इसे मिलाकर अब तक प्रदेश में चालीस लाख बाईस हजार सात सौ छियासठ नमूनों की जांच हो चुकी है देश में पिछले चौबीस घंटों में कोविड से तिहत्तर हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं एक दिन में ठीक होने वालों की यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग बत्तीस लाख हो चुकी है मरीजों के ठीक होने की दर सतहत्तर दशमलव तीन दो प्रतिशत है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कुल संक्रमित लोगों में से सक्रिय मामलों की संख्या बीस दशमलव नौ छह प्रतिशत रह गई है ठीक हुए लोगों की संख्या मरीजों से लगभग तीन दशमलव सात गुना अधिक है मंत्रालय ने कहा है कि पिछले दो महीनों में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या चार गुना हो गई है जांच पहचान और उपचार की नीति से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है इस समय देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर एक दशमलव सात दो प्रतिशत है वहीं पिछले चौबीस घंटे में कोविड के नब्बे हजार छह सौ तैंतीस नये रोगी सामने आने से संक्रमित लोगों की कुल संख्या इकतालीस लाख से अधिक हो गई है इस समय देश में आठ लाख बासठ हजार से अधिक लोगों का उपचार हो रहा है पिछले चौबीस घंटों में एक हजार पैंसठ लोगों की मृत्यु होने से इस बीमारी से मरने वालों की संख्या सत्तर हजार छह सौ छब्बीस हो गई है देश में कल लगभग एक हजार छह सौ बावन प्रयोगशालाओं में ग्यारह लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई अब तक चार करोड़ अठासी लाख इकतीस हजार एक सौ पैंतालीस नमूनों की जांच की जा चुकी है और इनमें से साढ़े आठ प्रतिशत से भी कम पॉजिटिव पाए गए हैं इस वर्ष तेईस मार्च को देश में कोरोना जांच प्रयोगशालाओं की संख्या महज एक सौ साठ थी पिछले पांच महीनों के दौरान एक हजार छह सौ बावन सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध करायी गई है कोविड उन्नीस संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने लोगों से आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है साउंड बाईट तीन पिलर्स हैं हमारे हैंड हाइजिंग हाथ घर से साफ करके निकलें साबून से अपने पर्स में बैग में सेनेटाइजर की बोतल रखें और बीच बीच में सेनेटाइजर से हाथ धोते रहें सेकेंड मोस्ट इपॉटेंट बिना मास्क के कहीं नहीं जाएं और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है उसको ठीक से लगाना आवश्यक है अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी कैपिसिटी कम हो जाती है और तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग जहां पर भी भीड़ ज्यादा है वहां पर अवाइड करें या वेट करें कि भीड़ छन जाएं कि कुछ लोग निकल जाएं उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकारी पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं लगायी गई है कर्मचारी चयन आयोग संघ लोक सेवा आयोग रेलवे भर्ती बोर्ड सहित अन्य एजेंसियों की भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रोक के जारी रहेंगी वित्त मंत्रालय ने व्यय प्रबंधन के लिए आर्थिक उपायों पर व्यय विभाग के जारी परिपत्र पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि यह केवल अंदरूनी प्रक्रिया के लिए पद सृजित करने से संबंधित है इस परिपत्र का भर्ती पर कोई असर नहीं होगा और न ही इसमें कोई कटौती होगी केंद्र सरकार ने अगरबत्ती उद्योग में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस उद्योग में लगे कारीगरों तक पहुंच और प्रोत्साहन को बढ़ावा देने का निर्णय किया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा है कि देशभर में स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तियों को अगरबत्ती बनाने वाली चार सौ स्वचालित मशीनें और पैर से चलाने वाली पांच सौ मशीनें दी जाएंगी इससे लगभग डेढ हजार कारीगरों को बढ़ी हुई आमदनी के साथ रोजगार मिल सकेगा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है चुनाव आयोग कल और परसों सभी जिलाधिकारियों निर्वाची पदाधिकारियों निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडनवीस विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिये आठ और नौ सितंबर को पटना आ रहे हैं भाजपा ने चुनाव की तैयारी को लेकर विभिन्न कमीटियों का गठन भी कर दिया है वहीं जदयू के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल वर्चुअल रैली के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे भारतीय रेल बारह सितंबर से अस्सी नई विशेष यात्री रेलगाडियों का संचालन करेगा ये रेलगाडियां देशभर में चल रही दो सौ तीस यात्री गाडियों के अतिरिक्त होंगी इनके लिए आरक्षण बृहस्पतिवार दस सितंबर से शुरू होंगे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि आरक्षण की मांग और प्रतीक्षा सूची पर रेलवे की नजर है वहीं रेल विभाग ने नासिक जिले के देवलाली और मुजफ्फरपुर के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली किसान रेल को मंगलवार से सप्ताह में तीन बार चलाने का निर्णय लिया है पिछले महीने की सात तारीख से शुरू की गई इस रेलगाड़ी में सीटों की मांग लगभग चार गुना बढ़ गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे सम्मेलन में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान सहित अन्य राज्यों के राज्यपाल भाग लेंगे शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का विषय है उच्च शिक्षा में परिवर्तन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस की भूमिका उल्लेखनीय है कि पूर्व शिक्षा नीति उन्नीस सौ छियासी के चौंतीस वर्ष बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि राज्य के उग्रवाद प्रभावित तीन जिलों रोहतास नवादा और जमुई जिले में एक हजार चौंतीस करोड़ रूपये की लागत से इक्यावन पथों का निर्माण किया जायेगा श्री यादव ने बताया कि पथों के निर्माण के लिये केन्द्र सरकार ने प्रथम किस्त की दो सौ तीन करोड़ रुपये की राशि भी जारी कर दी है इधर नालंदा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या बीस के बख्तियारपुर रजौली खंड का शिलान्यास आगामी ग्यारह सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर घनश्याम कुमार ने बताया कि शिलान्यास के तीन सालों के अंदर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा विविधता में एकता की सदियों पुरानी भारतीय परंपरा और देश के सांस्कृतिक सौहार्द को दर्शाने और प्रचार प्रसार के लिए आकाशवाणी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की समृद्ध संस्कृति और विरासत खान पान हस्तशिल्प और रीति रिवाजों को उजागर करना है इस अभियान के तहत विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच मैत्रीभाव शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने वाले सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि नए भारत का निर्माण हो सके बिहार और मिजोरम के बीच सांस्कृतिक संपर्कों से संबंधित हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट इस कार्यक्रम के महत्व को चरितार्थ करती है साउंड बाईट एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत मिजोरम को बिहार से जोड़ा गया है मिजोरम पर्वतीय राज्य है जहां की खूबसूरत प्राकृतिक छटा देखने लायक है यह समृद्ध संस्कृति तथा सांस्कृतिक और मानव संसाधनों से भरपूर राज्य है मिजोरम के कुछ लोगों को बिहार यात्रा की सुखद स्मृति अब भी याद है डॉक्टर लालनुनपरी साइलो ने पटना मेडिकल कॉलेज से स्नातकोत्तर की उपाधि ली है

मिजोरम के कुछ लोगों को बिहार की होली और छठ जैसे पर्व बहुत पसंद हैं बौद्धगया में यूनेस्को धरोहर स्थल और मधुबनी पेंटिंग भी बिहार की समृद्ध विरासत की पहचान हैं आइजोल से आइरिन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कुमार राधारमण जम्मू कश्मीर में पिछले सोलह अगस्त से शुरू हुई माता वैष्णो देवी की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने बताया है कि कोन्द्र शासित प्रदेश के बाहर से यात्रियों का प्रतिदिन का कोटा बढ़ाकर पांच सौ कर दिया गया है श्री कुमार ने कहा कि यात्रा के दौरान सभी निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा और आराम के लिए बैटरी चालित वाहन यात्री रोपवे और हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं इसके अलावा ताराकोटा मार्ग और साझी छत स्थित प्रसाद केन्द्र में तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त लंगर चलाया जा रहा है यात्रा पंजीकरण केन्द्रों पर लोगों के जमावड़े से बचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति दी गई है संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को निर्धारित करते वाले ऐतिहासिक फैसले के प्रमुख याचिकाकर्ता रहे केशवानंद भारती का आज केरल में निधन हो गया उल्लेखनीय है कि सैंतालीस साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था जिसके अनुसार संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि देश सामूदायिक सेवा और उपेक्षित लोगों को अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में केशवानंद भारती के योगदान को हमेशा याद रखेगा प्रधानमंत्री ने कहा है कि केशवानंद भारती का भारत की समृद्ध संस्कृति और महान संविधान के साथ गहरा लगाव था प्रधानमंत्री ने कहा है कि केशवानंद भारती आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे राजधानी पटना के आर ब्लॉक रेलवे ट्रैक के किनारे पुलिस और शराब माफियाओं के बीच हई मूठभेड़ के मामले में पूलिस ने अब तक बारह आरोपियों को हिरासत में लिया है इस मुठभेड़ में अवर पुलिस निरीक्षक आशुतोष कुमार भी घायल हो गये थे पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय ने कहा है कि पुलिस पर हमला करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जायेगा सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र में बाढ़ के पानी में डूबकर एक महिला की मौत हो गयी वहीं नालंदा जिले के नगरनौसा थाना क्षेत्र के भदरु बिगहा गांव में नोनाई नदी में ड्रबने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी इधर अरवल जिले में अलग अलग घटनाओं में दो लोगों की स्नान के दौरान नदी में डूबने से मौत हो गयी भागलपुर जिले के बिहपुर थाना क्षेत्र के बगड़ी रेल पुल के पास अपराधियों ने बेगूसराय में पदस्थापित एक बैंक प्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महदह में बैंक ऑफ इंडिया से पांच लाख की लूट के मामले में शामिल मुख्य आरोपी धर्मेन्द्र पासवान को पुलिस ने रोहतास जिले से गिरफ्तार कर लिया है नालंदा जिले में प्रधानमंत्री विशेष पैकेज योजना के तहत पशु और मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से तालाब निर्माण और जलभूमि के विकास के लिये साठ प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है जिला मत्स्य पालन पदाधिकारी उमेश कुमार रंजन ने बताया कि इस योजना के तहत सोलह सितंबर तक इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं रोहतास जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी के मद्देनजर विधान सभा चुनाव के लिये जिले के कुल सैंतालीस स्थानों को जनसभा के लिये चिन्हित किया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने आज दरभंगा में सांसद गोपाल जी ठाकुर से मुलाकात कर दरभंगा एम्स के निर्माण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में कोविड संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर अठासी प्रतिशत से अधिक हुई

यूपीएससी रेलवे और एसएससी सहित अन्य एजेंसियों की भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रोक के जारी रहेंगी